राजधानी लखनऊ में बारह जनवरी से पांच दिवसीय राष्ट्रीय युवा उत्सव का होगा आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारम्भ पॉक्सो के तहत दर्ज मामलों के तेजी से निपटारे के लिए देश भर में एक हजार से अधिक विशेष त्वरित अदालतें बनाई जाएंगी प्रदेश के पीलीभीत जनपद में सैंतीस हजार से अधिक बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों से भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष प्रयास करने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का विचार अचानक नहीं आया है बल्कि यह देश की क्षमता की गहरी समझ पर आधारित है प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नीति आयोग में वरिष्ठ अर्थशासत्रियों पूंजीपतियों विनिर्माताओं और वित्त विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता ने साबित कर दिया है कि इसके मूल आधार मजबूत हैं और इसमें मजबूत स्थिति में आने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने भारत को असीमित सम्मावनाओं वाला देश बताते हुए वास्तविकता और अनुमान के बीच अंतर को पाटने के लिए सभी पक्षों से योगदान करने को कहा उन्होंने कहा कि इस तरह के मंचों पर खुले मन से विचार विमर्श तथा मंथन से स्वस्थ चर्चा होती है और मुद्दों को समझने में मदद मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि दो घंटे चली बैठक में जमीन पर काम करने वाले लोगों तथा अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने अनुभव बताए उन्होंने कहा कि इससे नीति निर्धारकों और विभिन्न हितधारकों में तालमेल बेहतर हो सकेगा राजधानी लखनऊ में बारह जनवरी से सोलह जनवरी तक तेईसवां राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया जायेगा इसका आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जायेगा इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए देश के अटठाईस राज्यों और नौ केन्द्रशासित प्रदेशों के युवाओं की टीम को आमंत्रित किया गया है मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बारह जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा उत्सव दो हजार बीस का शुभारम्भ करेंगे इस कार्यक्रम का समापन राज्यपाल आनंदी बेन पटेल द्वारा किया जायेगा

कार्यक्रम मेस्कॉट का नाम बन्धु रखा गया है सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि राष्ट्रीय युवा उत्सव में विभिन्न प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे कल एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा उत्सव की थीम फिल्म और गीत जारी किया गया इस अवसर पर लखनऊ के मण्डलायुक्त मुकेश मेश्राम ने कहा कि उत्सव में देशभर से आने वाले प्रतिभागियों को न केवल पूरे देश के विभिन्न हिस्सों के खान पान का जायका मिलेगा बल्कि उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रसिद्व उत्पादों को भी उपहार के तौर पर भेंट किया जायेगा इसके साथ ही सभी युवाओं को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक किताब एग्ज़ाम वॉरियर दी जायेगी शासन ने कल चौदह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है इनमें लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी भी शामिल हैं जिन्हें अब गाजियाबाद का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है इसके साथ ही गाजियाबाद के मौजूदा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है उन पर लगाये गये आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच दल का भी गठन किया गया है जो पन्द्रह दिनों में जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट शासन को सौंपेगा दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण संबंधी अधिनियम पॉक्सो के तहत मामलों के तेजी से निपटारे के लिए देश भर में एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाई जायेंगी इनमें से तीन सौ नवासी अदालतें केवल पॅक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए उन जिलों में स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां सौ से अधिक ऐसे मामले लंबित हैं विधि मंत्रालय के अनुसार यह कार्यक्रम पिछले वर्ष सितम्बर में संबद्व राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को भेजा गया था मंत्रालय ने कहा है कि सात सौ बान्नबे फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें गठित करने के लिए चौबीस राज्य और संघ शासित प्रदेश इस कार्यक्रम से पहले ही जुड़ चुके हैं

कल पुद्देचेरी में इस कानून के बारे में जागरुकता अभियान में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वाम दल इस कानून के बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं उन्होंने याद दिलाया कि मुस्लिम समुदाय और निरक्षर महिलाए भी इस कानून का समर्थन कर रही हैं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून पर संसद में बहस को तैयार हैं और लोग अपने भ्रम दूर कर सकते हैं उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी को इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है और यह केवल अफगानिस्तान बंग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थी अल्पसंख्यकों पर ही लागू होगा केंद्रीय मंत्री ने घर घर जाकर इस बारे में लोगों से सहयोग मांगा

जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि जिला प्रशासन ने सर्व पूरा कर के सूची प्रदेश सरकार को भेज दी है उन्होंने बताया कि सबसे अधिक तेईस हजार नौ सौ चौतीस शरणार्थी कलीनगर तहसील के पच्चीस गांवों में चिन्हित किए गए हैं ये लोग पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर यहां वर्षो से शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की पूरनपुर तहसील के चार गांवों में तीन हजार उन्वास शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए चिन्हित किया गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पिछले दिनों प्रदेश में हुई हिंसा के लिए विपक्षी दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराया है उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों ने नागरिकता संशोधन कानून के बारे में दृष्प्रचार कर के लोगों को उकसाया जिससे प्रदेश में कुछ स्थानों पर हिंसा की घटनाए हुई श्री राठौर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी जनसम्पर्क अभियान के अंतर्गत कल ब्लंदशहर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित करने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है उन्होंने कहा कि देश के किसी भी नागरिक को इस कानून से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है नागरिकता संशोधन कानून पर भाजपा के जनसम्पर्क अभियान में प्रदेश के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता लोगों के बीच जाकर उन्हें कानून के प्रति तथ्यों से अवगत करा रहे हैं

उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ जयंत कुमार सिंघल के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम गांव पहुंची और टीकाकरण से वंचित बच्चों और महिलाओं के परिजनों को टीकाकरण के फायदे गिनाये खमोहा गांव में टीकाकरण का प्रतिशत काफी कम है स्वास्थ्य विभाग यहां के लोगों को जागरूक करने के लिए अन्य विभागों की भी मदद ले रहा है उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ जयंत कुमार सिंघल ने बताया बीडियो साहब वहां के लेखपाल वहां के सेक्रेटरी ग्राम प्रधान सप्लाई इंसपेक्टर और वहां के एम वाई सी सभी लोग मिलकर प्ररा प्रयास किए हैं जिसके तहत चार टीका लगवाने में कामयाब रहे हमारी टीम वहां रहेगी जो हमारे सैंतालिस परिवास्त्रोषी हैं और उनकी अज्ञानता और रूढ़ियादिता के कारण हम उसमें अभी चाहते हैं कि उनको कविस करें और समाने आए और अपने बच्चों का टीकाकरण करायें जिससे हमारी जानलेवा जो बीमारियां हैं जैसे ट्यवरक्लोसिस जापानी इंसेफेलाइटिस पोलियोमेलाइटिस ये बीमारियां ऐसी हैं जो या तो जीवन लेती हैं या तो अपंग बना देती हैं

प्रदेश सरकार ने दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली अनुदान धनराशि पांच हजार रूपये से बढ़ाकर बारह हजार रूपये कर दी है विभागीय मंत्री नन्द गोपाल नंदी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये उन्होंने बताया कि पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित अन्य व्यवस्थाएं और प्रावधान यथावत लागू रहेंगे

विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह शाम घना कोहरा छाए रहने की सम्मावना है हालांकि दिन में मैसम साफ रह सकता है प्रदेश में इस सप्ताह हुई वर्षा के कारण मैसम सर्द बना हुआ है कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण प्रदेश में सर्द हवाए भी चल रही हैं प्रदेश में ठंड के कारण कई जनपदों में आगामी रविवार तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है जबकि कई जिलों में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है